हमारे संवाददाता ने बताया है कि योजना के अंतर्गत वीस करोड बासठ लाख महिलाओं के जनधन खाते में दसरी किस्त के रूप में दस हजार तीन सौ पन्द्रह करोड रूपये डाले गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में सभी जरूरतमंद व्यक्तियों को राशन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि राज्य में कोई भी व्यक्ति भुखा न रहे मुख्यमंत्री ने अभियान चलाकर नए आवेदकों के राशन कार्ड बनाने के भी निर्देश दिए खाद्यान्न वितरण में घटतौली या अन्य किसी भी तरह की अनियमितता को दूर करने के लिए उन्होंने अधिकारियों को तकनीक आधारित एक कार्ययोजना तैयार कर एक सप्ताह में लागु करने के निर्देश दिए हैं लखनऊ में आज अपने सरकारी आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक में लॉकडाउन व्यवस्था की समीक्षा करते हए मुख्यमंत्री ने प्रदेश में नए राशन कार्ड धारकों को तत्काल राशन उपलब्ध कराए जाने पर संतोष व्यक्त किया ज्ञात हो कि इससे पूर्व नए राशन कार्ड बनने पर कार्डधारकों को लगभग दो माह बाद राशन उपलब्ध हो पाता था मुख्यमंत्री ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सतर्कता को आवश्यक बताया है उन्होंने कहा कि हर स्तर पर जरूरी साक्धानी बरतते हए बेहतर समन्वय स्थापित किया जाए ताकि संक्रमण की संख्या न्यनतम रखी जा सके प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन के कारण अन्य राज्यों में फंसे प्रवासी श्रमिकों को लाने के लिए श्रमिक विशेष रेलगाडियों का प्रबन्ध किया है अब तक एक हजार छः सौ साठ रेलगाडियों से बाईस लाख छप्पन हजार से ज्यादा कामगारों को प्रदेश लाने की व्यवस्था की गई है अपर मुख्य सचिव गृह एवं सुचना अवनीश क्मार अवस्थी ने कल लखनऊ में संवाददाताओं को बताया कि राज्य में अब तक एक हजार छः सौ चार ट्रेन पहंच चुकी है जिनसे इक्कीस लाख उनहत्तर हजार से अधिक लोगों को लाया गया है उन्होंने बताया कि छप्पन और रेलगाड़ियों को सहमति दे दी गई है सबसे अधिक दो सौ सत्तर ट्रेन गोरखपुर आईं हैं जिनसे तीन लाख सैंतालीस हजार से ज्यादा कामगार प्रदेश पहंचे हैं जौनपुर में एक सौ उन्तालीस वाराणसी में एक सौ उन्नीस लखनऊ में एक सौ तेरह देवरिया में एक सौ तीन बस्ती में सत्तासी प्रतापगढ में पचहत्तर गोण्डा में इकहत्तर प्रयागराज में चौंसठ और मऊ में अडतालीस श्रमिक विशेष रेलगाडियां अब तक पहंच चकी हैं प्रदेश में कोरोना संक्रमण से कल एक सौ छियालीस लोग स्वस्थ हए जिसके बाद राज्य में बीमारी से ठीक होने वालों की संख्या पांच हजार एक सौ छिहत्तर हो गई तीन सौ उनहत्तर रोगियों में कोविड नाइन्टीन संक्रमण की पृष्टि होने के साथ ही संक्रमित व्यक्तियों की संख्या आठ हजार सात सौ उन्तीस पहुंच गई है प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या तीन हजार तीन सौ चौबीस है गोरखपुर जिले में कल सात लोगों में संक्रमण की पृष्टि हुई जिसके बाद यहां संक्रमितों की संख्या बढ़कर एक सौ ग्यारह हो गयी है पच्चीस लोग अब तक स्वस्थ हए हैं जबकि छह लोगों की मृत्य हई है जिले में सक्रिय मामलों की संख्या अस्सी है वाराणसी में चार नए मामले मिलने के बाद संक्रमितों की संख्या एक सौ सत्तानवे हो गयी है जिले में एक सौ अट्ठारह लोग अब तक बीमारी से ठीक हए हैं जबकि चार की मृत्यु हई है जिले में सक्रिय मामलों की संख्या पचहत्तर है बस्ती जिले में कल अटठारह लोगों में संक्रमण की पृष्टि होने के बाद यहां संक्रमितों की तादाद दो सौ नौ हो गयी है बयालीस लोग अब तक स्वस्थ हुए हैं जबकि चार की मृत्यु हुई है जिले में सक्रिय मामलों की संख्या एक सौ तिरसठ है आकाशवाणी से विशेषज्ञों की राय श्रंखला में कोविड नाइन्टीन पर वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञों की राय प्रसारित की जाती है अखिल भारतीय आयर्विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉक्टर रणदीप गलेरिया ने कोविड नाइन्टीन संक्रमण को रोकने के लिए विशेष रूप से हॉटस्पॉट में रहने वाले लोगों को लॉकडाउन नियमों का कडाई से पालन करने की सलाह दी है भारत ने तॉकडाउन काफी पहले शुरू कर दिया था उसको जो हम देखे असर तो और देशों के मुकाबले हमारे देश में कोसिस कम हुए हैं और वो अगर हम ये तॉकडाउन एग्रीसीवती फॉलो करें स्पेशली जो हॉटसॉट हैं उसमें हम यह देखें कि ये तॉकडाउन सोशल विस्टेसिंग क्वारंटाइन हम पूरी तरह से करते हैं और सब लोग उसमें भागीदारी करते हैं तो हमारे केसिस जो हैं वो बढ़ेंगे नहीं आस पास तक फ्लैटन होगा और केसिस कम होने शुरू होंगे मैं सारे नागरिकों को यहीं कहना चाहुंगा कि आप इसको एक मुहिम समझ के एक पेट्रोटिक मिशन समझ के सब लोग मिल जाएं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि देश में स्वस्थ होने वालों की दर अड़तालीस दशमलव शृन्य सात प्रतिशत हो गई है ठीक होने वालों की संख्या एक लाख से अधिक हो गई है पिछले चौबीस घंटों के दौरान चार हजार सात सौ छिहत्तर मरीज ठीक हए है आठ हजार नौ सौ नौ नये मामलों की पृष्टि के साथ संक्रमित लोगों की संख्या दो लाख सात हजार छः सौ पन्द्रह हो गई है स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि अब तक इस वायरस से पांच हजार आठ सौ पन्द्रह लोगों की मृत्यु हुई है